छब्बीस मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल चौबीस बैंठकें होंगी सत्र की शुरूआत कल राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से होगी सदन में पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्वांजलि दी जाएगी इनमें विधानसभा के पूर्व संसदीय सचिव ओमप्रकाश राठिया सदस्य रोशनलाल अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर भानुप्रताप गुप्ता और पूर्व संसदीय सचिव लक्ष्मण राम शामिल हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में बताया कि बजट सत्र के दौरान तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन तेईस फरवरी को होगा और इस पर चर्चा चौबीस फरवरी को की जाएगी वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है वे एक मार्च को दोपहर साढ़े बारह बजे आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे बजट पर सामान्य चर्चा दो और तीन मार्च को होगी सत्र के दौरान विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा चार से तेईस मार्च तक की जाएगी विनियोग विधेयक चौबीस मार्च को पेश किया जाएगा बजट सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा अनेक मुद्दों को उठाए जाने की संभावना है छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक दल की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध किसानों की समस्याओं के साथ ही आदिवासियों की जमीन हड़पने के मुद्दों को उठाया जाएगा

कोविड महामारी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्यों को आरटी पीसीआर जांच का अनुपात बढ़ाने और साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में नकारात्मक रिपोर्ट वाले लोगों की फिर से आरटी पीसीआर जांच करने के लिए कहा है राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समूह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान से यह साबित किया है कि अगर सुरक्षित दूरी का उचित ध्यान नहीं रखा गया तो कोविड महामारी का संक्रमण दोगुना तक बढ़ सकता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सभी तरह के एहतियात का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है आईआईटी मुंबई के संशोधक प्राध्यापक अमित अग्रवाल और प्राध्यापक रजनीश भारद्वाज ने सुपर स्प्रेडर कितनी मात्रा में कोरोना विषाणु को फैला सकता है इस पर पहली बार अनुसंधान किया है उनके रिसर्च को अनुसार आम आदमी की तुलना में सुपर स्प्रेडर तीन गुना अधिक विषाणु हवा में छोडता है लेकिन सर्जिकल मास्क के उपयोग से विषाणु संक्रमण की मात्रा बिना मास्क की तुलना में एक तिहाई तक कम हो सकती है

वो यह भी कहते हैं कि कोहनी पर खांसना रुमाल का इस्तेमाल ऐसी छोटी छोटी आदतों से विषाणु संक्रमण की संभावना बड़ी मात्रा में घट जाती है जल्द ही यह रिसर्च पेपर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लुइड में प्रकाशित होगा कोरोना समाचार भारत में स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाने के मामले में नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं पिछले चौबीस घंटों में चार लाख बत्तीस हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड़ दस लाख पचयासी हजार से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जा रहा है अब तक दो लाख इक्कीस हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला तथा बीस हजार छह सौ अड़सठ को कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा चुका है इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के दो सौ तिरसठ नये मामले सामने आए अब तक प्रदेश में तीन लाख दस हजार से अधिक लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें से तीन लाख तीन हजार आठ सौ पैंतीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में तीन हजार एक सौ दो मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं राजनांदगांव जिले में अब तक सत्रह हजार नौ सौ से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बीएल कुमरे ने बताया है कि लोगों में टीकाकरण को लेकर जागरूकता आई है इस बीच राजनांदगांव जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने शिक्षक और छात्रों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र स्टाफ या शिक्षक में सर्दी खांसी और बुखार के लक्षण दिखते हैं तो वे तत्काल जांच करवाएं इधर कबीरधाम जिले में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जारी है मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार मंडल ने बताया कि अब तक चौरासी प्रतिशत वॉलेटियर्स को कोरोना का पहला डोज लगाया जा चुका है मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित विकास के लिए दो सौ चौंतीस करोड़ रूपये के प्रस्ताव को जल्द स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है श्री बघेल ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज संग्रहण के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पहले स्थान पर है यहां लगभग बहत्तर प्रतिशत लघ् वनोपज का संग्रहण किया गया है मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में चवालीस प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से परिपूर्ण है जिनमें इकतीस दशमलव आठ शून्य प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या निवास करती है भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत छत्तीसगढ़ में अड़तीस प्रकार के लघु वनोपज और चौदह अन्य प्रकार की उपज का विक्रय किया जा रहा है

इस मौके पर उन्होंने आदिवासीजनों से समाज को जागरूक करने संगठित करने और विघटनकारी तत्वों से सावधान रहने का आव्हान किया सुश्री उइके ने कहा कि हमारे समाज के कुछ साथी भटक गए हैं वे समाज की मुख्यधारा में लौटें शासकीय योजनाओं का लाभ लें और आत्मनिर्भर भारत का अंग बनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने महासमुंद जिले में आयोजित कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दूसरे चरण में चयनित राज्य के नौ छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया उन्होंने इन छात्रों को लैपटॉप और प्रमाण पत्र प्रदान किए गौरतलब है कि देश के आकांक्षी जिलों में कुल चौदह छात्रों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है इनमें से सात छात्र महासमुंद जिले के नर्रा स्थित शासकीय कुलदीप निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हैं दूसरे चरण के लिए चयनित ये छात्र कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से समाधान के लिए एक निजी कंपनी के साथ मिलकर कार्य करेंगे बालक अपहरण रायगढ़ जिले के खरसिया में कल एक व्यापारी के छह वर्षीय बालक का अपहरण अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर लिया गया था जिसे आज पुलिस ने झारखंड के खूंटी जिले से सकुशल बरामद कर लिया है जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि अपहरण के छह घंटे के भीतर पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर बालक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने में सफलता हासिल की इस मामले में पुलिस ने घर के रसोइया सहित दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है वृहद लोक अदालत जिला न्यायालय रायपुर और उसके अधीनस्थ तालुका न्यायालयों में आज वृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान एक सौ चौंतीस मामलों का आपसी राजीनामा से निराकरण किया गया लोक अदालत के तहत रायपुर न्यायालय में बारह खंडपीठों और तहसील न्यायालय में छह खंडपीठों का गठन किया गया था आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दस अप्रैल को किया जाएगा खेल मड़ई दुर्ग जिले के पाटन में इन दिनों राज्य स्तरीय खेल मड़ई का आयोजन किया जा रहा है दो दिवसीय इस आयोजन में प्रदेशभर के करीब आठ सौ खिलाड़ी भाग ले रहे हैं पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ओलम्पिक संघ द्वारा इस खेल मड़ई का आयोजन किया गया है जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है खेल मड़ई में नौ पारंपरिक खेलों कबडडी खोखो फुगड़ी गिल्ली डंडा भौंरा पिट्ठूल संखली सहित कई अन्य स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं प्रदेश की संस्कृति से जुड़े कई खेल जो विलुप्ति हो रहे हैं उन्हें यहां देखने का अवसर ग्रामीणों को मिल रहा है बैगा बाल महोत्सव कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड के छिन्दीडीह गांव में बैगा बाल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस तीन दिवसीय बैगा महोत्सव का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पांच विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा अबूझमाड़िया कमार पहाड़ी कोरवा और बिरहोर निवासरत् है इन सभी जनजातियों के विकास के लिए विशेष अभिकरण का गठन किया गया है बैगा महोत्सव के दौरान डॉक्टर टेकाम ने स्थानीय वनोपज संसाधनों की सामग्री की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बैगा नर्तक दलो को पैंतालीस हजार रूपए के चेक भी प्रदान किए

इस दौरान लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई इस दौरान पक्षियों पर आधारित चित्रकारी और रंगोली के अलावा फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई गौरतलब है कि कोपरा जलाशय में सर्दियों के मौसम में कई देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं जो मार्च महीने के मध्य तक निवास करते हैं

वर्ष उन्नीस सौ निन्यानवे में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इक्कीस फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था भारत में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय वर्ष दो हजार पंद्रह से आज के दिन को मातुभाषा दिवस के रूप में मनाता आ रहा है इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना

इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी

जब्त हीरे की कीमत लगभग ग्यारह लाख इकतीस हजार रूपये बताई जा रही है